मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है उन्होंने आगामी नवरात्रि के दौरान पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से एक अभियान चलाने जाने के निर्देश दिये

उधर उन्नाव के बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों को वर्च्रअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अराजकतत्व राज्य में जाति और धर्म के नाम पर उपद्रव करा कर सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं लेकिन किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जायेगा और उनके विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जायेगी

उन्होंने कहा कि समाज के माहौल को खराब करके कुछ लाग जातीय विद्वेष और अराजकता पैदा करके विकास के कार्य को अवरूद्ध करना चाहते हैं लेकिन विकास अवरूद्ध नहीं होगा उन्होंने कहा कि विपक्ष हाथरस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है एक तरफ जहां सरकार विकास में लगी है वहीं यह लोग षड्यंत्र रच रहे हैं

साथ ही उन्होंने लखनऊ कानपुर नगर वाराणसी प्रयागराज गोरखपुर और मेरठ में विशेष सतर्कता बरतने के लिये कहा है उन्होंने कहा कि इन जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी और जिला प्रशासन द्वारा निरन्तर सम्पर्क रखते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाये

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना प्रोटोकाल के संबंध में कतई लापरवाही न बरती जाये और लोगों को इसके बारे में लगातार जागरूक करते रहने की जरूरत है

कल उच्चतम न्यायालय में दायर शपथ पत्र में राज्य सरकार ने हाथरस कांड की सीबीआई जांच कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया राज्य सरकार ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय की निगरानी में इस घटना की सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है इस बीच राज्य पुलिस ने हाथरस मामले को लेकर हिंसा भड़काने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है

सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करते हुए शुरूआत में दो सीटों के बीच एक सीट खाली रखी जाएगी

आईआरसीटीसी ने कहा है कि वह महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी कर रहा है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोकथाम और उपचार के उपायों पर आधारित यह प्रोटोकॉल न सिर्फ कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए बल्कि आधुनिक युग की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में पारम्पारिक ज्ञान की प्रासंगिकता बढाने की द्रष्टि से महत्वपूर्ण है श्री हर्षवर्धन ने आयुर्वेद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम ज्ञान है आयुर्वेद हमारे देश का प्राचीन ज्ञान है इसका उल्लेख वेदों में है अथर्ववेद का इसको ऑब्शूट माना जा सकता है अगर यह कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति भी नहीं है आयुर्वेद के बारे में यह केवल हमारा है इसलिए हम इसको बड़ा मानते हैं ऐसा नहीं है ये वास्तव में भारत का दुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञान है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

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्यौहारों के मौसम में कोविड महामारी की रोकथाम के उपायों के सिलसिले में कल मानक संचालन प्रक्रिया जारी की भारत में अक्टूबर से दिसंबर तक अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं इस अवसर पर लोग सामूहिक पूजा मेले रैली प्रदर्शनी और सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन करते हैं मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान रोकथाम के उपाय पर अमल करना जरुरी है

रैलियों और प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित सीमा स अधिक न होने का ध्यान रखने एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और आवश्यक रूप से मास्क पहनने को भी कहा गया है मंत्रालय के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग आयोजन स्थलों पर एक साथ पहुंचने की बजाय कुछ अंतराल पर पहुंचें दिशा निर्देशों के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर ही उत्सवों का आयोजन करने की इजाजत होगी

ड्रमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने आज सिद्वार्थनगर जिले में किसानों को हाल ही में संसद द्वारा पारित किये गये कृषि संशोधन कानूनों के बारे में जानकारी दी एक किसान सभा को संबोधित करते हुए श्री पाल ने कहा कि सरकार द्वारा लाया गया कृषि संशाधन कानून सत्तर साल से अधिक क आजाद भारत के इतिहास में एक मोल का पत्थर साबित होगा उन्होंने कहा कि जहां एक ओर इन कानूनों के माध्यम से किसान को अपना उत्पाद पूरे देश में किसी भी स्थान पर किसी भी दाम पर बेचने की स्वतंत्रता होगी वहीं दूसरी ओर यह कृषि उत्पादों के लागत पर डेढ़ गुना से भी ज्यादा किसानों को मुनाफा दिलायेगा

उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा कृषि कानूनों का विरोध किये जाने की आलोचना की तथा किसानों से किसी प्रकार के बहकावे में न आने की अपील की उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित किया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार सजग है और पराली जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है पीलीभीत जनपद में पराली जलाने वाले अमरिया तहसील के एक किसान पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसके विरूद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है इसके अलावा किसान का हैसियत प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र भी निरस्त करा दिया गया लापरवाही बरतने के आरोप में गांव के लेखपाल ग्राम पंचायत अधिकारी और किसान सहायक को निलम्बित किया गया है बीट के सिपाही और चौकी इंचार्ज के निलम्बन के लिये पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है जनपद हमीरपुर में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये शुरू की गई अटल पेंशन योजना की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाने और उन्हें लाभ दिलाने के लिये जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है